ब्राई पर अच्छाई की विजय के इस त्यौहार को रोशनी पर्व के रूप में मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर धन की देवीलक्ष्मी की पूजा करते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना तथा भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों के साथ आज दीपावली मनाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि जवान अपनी निष्ठा और अनुशासन से लोगों में सुरक्षा तथा निर्मयता की भावना का संचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की मजदूती और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयासों का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए गये कार्यों विशेष रूपसे दन रैंक वन पैंशन का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्व भर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना मिलती है प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयां भी वितरित की श्री मोदी ने नजंदीकी इलाकों के लोगों के साथ बातचीत की ये लोग प्रधानमंत्री को दीपावली की बधाई देने वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री ने आज सुबह रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की उन्होंने केदारपुरी में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की प्रदेश भर में दीपावली का पर्व श्रद्वा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है अयोध्या में कल दीपोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न हुआ मथ्रा में श्रीकृष्ण जन्म्भूमि में बैंडबाजों के साथ गर्मगृह में दीप जलाए गए इसके बाद परिसर के सभी मंदिरों में दीप जले पृष्य बंगला सजा और भगवान को आकर्षक वस्त्र पहनाए गए कल भागवत भवन स्थित हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव मना रामदूत को चोला चढ़ाकर मनोहारी श्रृंगार किया गया दीपावली पर कृष्ण जन्मस्थान हजारों दीपों से झिलमिला उठा चित्रकूट में श्रद्वालु मंदाकिनी नदी में स्नान कर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु आज चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं जहांमान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का लवा समय बिताया था शहरों में प्रमुखइमारतों और मंदिरों को रोशनी से सजाया गया है और बाजारों में लोग त्यौहारों की खरीदारीकर रहे हैं लक्मी प्रजा की तैयारियां जोरों पर हैं और धन की देवी के स्वागत केलिए रंगोली बनाई जा रही है सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रपति रामनाथकोविंद और उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली आपसी भाईचारा बढ़ाने का अवसरहै श्री कोविंद ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का आग्रह किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आशा व्यक्त की कि इस त्यौहार से लोगों के जीवन मेंसुख शांति और समृद्वि आएगी प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियो ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में वनटांगियां गांव जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन में दो करोड़ पन्द्रह रूपये की लागत से कुल छः परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर के गांव के विकास के लिए लोगों को दीपावली की सैगात दी जिसमें डेढ़ करोड़ रूपये की चार परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लगभग चौसठ लाख रूपये की दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया इसके अतिरिक्त उन्होंने दस स्कूली बच्चों को ड्रेस एव स्वेटर मुख्यमंत्री आवास के दस लामार्थियों को प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के तीन वृद्वावस्था पेंशन के चार तथा दिव्यांग पेंशन के तीन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि इन गांवों में सौ वर्षो के बाद नई ख्शी आई है वर्षो से इन गांवों के लोग विकास की योजनाओं से अछ्ते थे राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटागियां गांव में समी योजनाए पहच रही है श्री योगी ने आगे कहा कि इसी तरह प्रदेश के सभी वनटांगियां गांवों को इन योजनाओं से लाभान्यित करने का कार्य चल रहा है उन्होंने बताया कि महराजगंज के अट्ठारह बलरामपुर पांच गोण्डा पांच तथा गोरखपुर के पांच वनटांगियां गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा चुका है बहराइच जिले के वनटांगियां गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में कार्य चल रहा है लखीमपुर खीरी में भी इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है उन्होंने कहा कि इन गांवों में बड़ी आबादी रहती है लेकिन उन्हें कोई मुलभुत सुविधा प्राप्त नही थी किन्त् पिछले एक वर्ष के दौरान शासकीय योजनाओं को पहुंचाने की कार्यवाही कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में निरन्तर कार्य जारी है